पांचवें छठे और सातवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरो पर

और गया में गर्मी का रिकार्ड टूटा पूरा प्रदेश लू की चपेट में

लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय विधानसभा स्थित मध्य विद्यालय घोंघसा मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उन्तालीस और तीन सौ चालीस पर फिर से मतदान कराया जायेगा मुंगेर के जिला निर्वाची पदाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि जिन बूथों पर पुनर्मतदान करवाया जाएगा उसकी तारीख जल्द घोषित की जायेगी प्रदेश में पांचवें छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्ररी ताकत लगा दी है जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों का हौसला बुंलद है उन्होंने कहा कि हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं जबकि कुछ लोगों को धन कमाने के लिए सत्ता चाहिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह आरोप हास्यास्पद है कि लालू यादव को फंसाया गया है उन्होंने कहा कि लालू को सरकार ने नहीं न्यायालय ने भ्रष्टाचार का दोषी माना है वहीं लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को डरा रही है उधर राजद के वरिष्ठ तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी मुजफ्फरपुर सीवान गोपालगंज शिवहर और मोतिहारी में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनता इस बार थानेदार बनकर दिखायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध मंहगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है वहीं राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुये उन्होंने कहा कि अब उन्हें मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है विभिन्न दलों और गठबंधनों की ओर से आज भी कई चुनावी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज शिवहर मधुबनी के बिस्फी वैशाली के मेहनार और सारण तरैया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और अन्य नेता मौजूद रहेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी के बथनाहा मुजफ्फरपुर के बोचहां वैशाली के गोरोल और लालगंज में चुनावी सभा का कार्यक्रम है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सीवान के आंदर सारण के रसूलपूर और छपरा के पूलिस लाईन मैदान में एनडीए उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव पटना साहिब तथा पाटलिपूत्र संसदीय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जन सम्पर्क अभियान चलायेंगे इधर महागठबंधन के नेताओं की ओर से भी आज ताबातोड़ सभाओं का आयोजन हो रहा है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव मध्रबनी के बिस्फी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर सीवान के बड़हरिया सारण के परसा और वैशाली के राजापाकड़ में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है जांच के दौरान सैंतालीस नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया वहीं एक सौ इकसठ नामांकन पत्र वैध पाये गये इस चरण में दो सौ सत्ताईस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पटना साहिब काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्रों के साथ ही डेहरी विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्रों की जांच पूरी नहीं हो सकी है जिसके कारण इन क्षेत्रों के स्वीकृत और अस्वीकृत नामांकन पत्रों का प्रा ब्योरा नहीं मिल पाया सातवें चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद संसदीय क्षेत्रों में चूनाव के साथ ही डेहरी विधानसभा क्षेत्र में उन्नीस मई को उपचुनाव होना है इस चरण के लिए कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे चौथे चरण के मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरूषों से अधिक रहा पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा पार्टी से इस्तीफा देकर अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गये राजद के प्रदेश उपध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है गया में गर्मी के कारण अप्रैल महीने का पिछले नौ वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया जिले का अधिकतम तापमान कल चौवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है पटना और भागलपुर में अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया औरंगाबाद और डेहरी में पारा इकतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा इस बीच मौसम विभाग ने सूचना दी है कि बंगाल की खाड़ी से उठे फेनी तूफान के प्रभाव से पूर्वी बिहार और गंगा के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की सम्भावना है तूफान के असर से कई क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे साथ ही तापमान में भी कमी आयेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा आज से प्रदेश के पचासी केन्द्रों पर शुरू हो रही है पहली पाली की परीक्षा सब्रह साढ़े नौ बजे शुरू होगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा पौने दो बजे प्रारंभ होगी बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि जूता मोजा पहन कर केन्द्र में प्रवेश की मनाही रहेगी आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है इस अवसर पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर मजद्रों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को अपनी शुभकामनाएं दी है श्री टंडन ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र के निर्माण और विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि श्रमिकों की मेहनत और ताकत का ही परिणाम है कि हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास का सपना साकार हो रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने आज से एक नई व्यवस्था लागू की है इसके तहत जिन खाताधारकों के बचत खाते में एक लाख रूपये से अधिक की राशि है उन्हें एक चौथाई फीसदी कम ब्याज मिलेगा वहीं एसबीआई द्वारा कर्ज दरों को रेपो रेट के आधार पर तय करने की व्यवस्था लागू करने के कारण खाता धारकों को आज से सस्ता होम लोन मिलेगा भागलपुर के सैंडीज कम्पाउंड में खेली जा रही हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर लीग मुकाबले में बोर्ड एकादश ने नालंदा के खिलाफ पहली पारी में पचहत्तर रनों की बढ़त बना ली है आज से आधार नम्बर के बिना भी सिम कार्ड मिलेगा टेलीकॉम कम्पनियों ने नई केवाईसी सिस्टम को लागू कर दिया है पटना में बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंड छह रूपये मंहगा हो गया है आधी रात से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है चार चरण में ही विपक्ष चित मोदी दैनिक भास्कर की सुर्खी है हाईकोर्ट में रिट याचिका छोड़कर सभी अर्जियां अब हिन्दी में भी दायर होंगी प्रभात खबर ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी ने मांगी माफी दैनिक जागरण की सुर्खी है कल से फेनी का असर बदलेगा मौसम

पांचवें छठे और सातवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरो पर

और गया में गर्मी का रिकार्ड टूटा पूरा प्रदेश लू की चपेट में